कोरोना वायरस से निपटने की तैयारियों की व्यापक समीक्षा के बाद कल एक ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे निपटने के लिए मिलकर काम करने तथा स्वयं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए छोट छोटे लेकिन महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान देने की ज़रूरत है श्री मोदी ने कहा कि विभिन्न मंत्रालय और राज्य सरकारें भारत पहुंचने वाले यात्रियों की जांच से लेकर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में भिलकर काम कर रही हैं मोहन्ती कोरोना वायरस मुख्य सचिव एस आर मोहन्ती ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिये किये गये उपायों की समीक्षा की उन्होंने कलेक्टरों को निर्देशित किया कि विदेशों से आये यात्रियों विशेषकर चीन से आये यात्रियों का मेडिकल चेकअप जरूर करवाया जाये डॉक्टरों की टीम बनाने में विशेषज्ञता का ध्यान रखा जाये उन्होंने मेडिकल कॉलेजों में ओपीडी की उपलब्यता सुनिश्चित करने और मेडिकल किट्स हर समय उपलब्ध रखे जाने के निर्देश दिये

वहीं एक अन्य आदेश में स्कूल शिक्षा की प्रमुख सचिव रश्मि अरूण शमी ने प्रदेश के संभी शासकीय और अशासकीय विद्यालयों में कोरोना वायरस के संकमण से बचने के उपाय बताने और इसको लेकर जागरूकता फैलाने के निर्देश दिये हैं रतलाम से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कल कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में भी कोरोना वायरस को लेकर बैठक आयोजित की गई जिसमें कलेक्टर ने अधिकारियों को बचाव और सावधानी बरतने के दिशानिर्देश दिये छतरपुर बुरहानपुर खंडवा शाजापुर मंडला बैतूल धार और अनूपपुर सहित विभिन्न जिलों में जिला कलेक्टरों ने सतर्कता बरतने के निर्देश दिये हैं महिला अपराध बैतूल जिले में महिला अपराधों पर अंकृश लगाने के लिए निर्भया पेट्रोलिंग मोबाइल सेवा की शुरूआत की गई है इसके जरिए असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जायेगी साथ ही महिलाओं में सुरक्षा का भाव आये यह प्रयास किये जायेंगे इस सेवा को जल्द ही ब्लॉक और तहसील स्तर पर शुरू किया जायेगा

इस मौके पर पर्यटकों को ग्वालियर से ओरछा और ओरछा से ग्वालियर के लिए विशेष हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध कराई जायेगी इसके अलावा ओरछा का बिहंगम दृश्य भी पर्यटक देख सकें इसके लिए हेलीकॉप्टर से यात्रा कर सकते हैं यह यात्रा पांच भिनट की होगी और हेलीकॉप्टर में पांच व्यक्ति ही सवार हो सकेंगे

अधिकारी ने शहर के एक नर्सिंग होम की महिला चिकित्सक के खिलाफ मिली शिकायत का निराकरण करने के लिए रिश्वत की मांग की थी

केन्द्रीय महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी इस कहानी संग्रह का कल नई दिल्ली में विमोचन करेंगी गौरतलब है कि अशोक नगर जिले में स्कूली छात्राओं में स्वास्थ्य संबंधी संकोच को समाप्त करने के लिये शूचिता अभियान और कटनी जिले में स्वागतम नंदिनी अभियान चलाया गया है दोनों जिलों में इन नवाचारों से लोगों की सोच में बेटियों के बारे में बदलाव देखने को मिले हैं

वहीं कटनी जिले में कलेक्टर शशि भूषण सिंह ने स्वागतम नंदिनी कार्यक्रम की शुरूआत की है इसमें बच्चियों के जन्म पर माता पिता और बच्ची को सम्मानित जा रहा है

श्री राठौर ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में राज्य सरकार के पास ऐसी कोई नीति अथवा प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग जनता के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं श्री राठौर ने कहा कि नई आबकारी नीति को बिना पढ़े एवं समझे इस तरह का प्रदर्शन करने वाले लोग अपनी बौद्धिक क्षमता पर स्वयं ही प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं

इस दौरान उन्होंने कहा कि इससे जबलपुर को अलग पहचान मिली है